कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

अब प्रदेश में छह मई सुबह सात बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा इस अवधि में आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी दवा सब्जी की दुकाने औद्योगिक गतिविधियां संचालित रहेंगी लेकिन कही भी अनावश्यक भीड़ न लगाये जाने के भी निर्देश सरकार ने दिये हैं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण और आवश्यक रणनीति के लिये मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सलाहकार पैनल तैयार किये जाने के निर्देश दिये हैं

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का परामर्श रणनीति तैयार करने में उपयोगी होगा उन्होंने बताया कि कोविड संबंधी कार्यो में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टाफ स्वच्छता कर्मी आशा व आंगनबाड़ी कार्यत्रियों को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा

इसी प्रकार अन्य कोरोना वारियर्स के लिये भी अतिक्ति मानदेय प्रदान किया जायेगा यह अतिरिक्त मानदेय ड्यूटी के उपरान्त इनके आइसोलेशन अवधि के लिये भी दिया जायेगा देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज कुछ राहत की खबर है

लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बढते कोरोना संक्रमण के कारण उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के दौरान जीवन के साथ जीविका बचाने पर भी जोर दे रहे हैं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के व्यापारिया और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद में कहा कि इस संकट काल में व्यापारी अपनी ऊर्जा और सहयोग दे उन्होंने कहा कि वे रात के कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी में अपना सहयोग करे मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई उत्पीड़न करे तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसकी शिकायत करे कल शाम अपने सरकारी आवास से वर्चअल संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी वर्ग ने हमेशा समाज व देश का साथ दिया है आज जब प्रदेश और देश कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित है तो ऐसे संकट के समय व्यापारी वर्ग अपने सहयोग के माध्यम से कोविड के विरूद्व चल रहे लड़ाई में अपना सक्रिय योगदान दे

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और उद्यमियों से ऑक्सीजन उत्पादन और आक्सीजन कंसन्ट्रेटर के क्षेत्र में नये प्रयोगों व नवाचारों पर काम करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यो में सरकार हर संभव मदद करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की आज समीक्षा की

इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी यह परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने क बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम एक महीना दिया जाएगा वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनूमति देने का भी फैसला किया गया एम बी बी एस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किए जाएगा कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम सौ दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती म प्राथमिकता दी जाएगी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

प्रदेश में कोविड के नये केसों की संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है और रिकवरी दर भी बेहतर हो रही है यह जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी

उन्होंने बताया कि संक्रमण से गांवों को सुरक्षित रखने के पांच मई से विशेष कोविड टेस्टिंग अभियान शुरू हो रहा है इस अभियान के तहत निगरानी समितियां घर घर जाकर लोगों का इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांच करेंगी प्लस ऑक्सीमीटर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जायेगा इसके पश्चात कोविड लक्षण युक्त और संदिग्ध लोगों की एंटीजन जांच कराई जायेगी टेस्ट की रिपोर्ट और मरीज की स्थिति के आधार पर उसे होम आइसोलेशन इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटीन या अस्पताल में इलाज को सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये है कि होम आइसोलेशन में रखने जाने से पूर्व मरीज को मेडिकल किट दी जाये उसे जरूरी सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी जाये उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह को यह निर्देश दिये गये हैं कि होम आइसोलशन में उपचाराधीन लोगों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन उलपब्ध कराया जाये यदि किसी मरीज का परिजन सिलेंडर रिफलिंग के लिये प्रयासरत है तो उसकी भी पूरी मदद की जाये यह व्यवसथा सभी जिलों में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं कल प्रदेश में सवा सात सौ मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई ऑक्सीजन आडिड की प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर अनावश्यक खपत में कमो आई है उन्होंने बताया कि बरेली मुरादाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुचारू ऑक्सीजन आपूर्ति के लिये कल एक ट्रेन चलाई गई आगरा में वायु सेवा से ऑक्सीजन पहुंचाया गया केंद्र सरकार ने बडी राहत देते हुए चिकित्सा संबंधी सामान को आयात पर आईजीएसटी से छूट दे दी है इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन एपीआई चिकित्सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉन्सेनट्रेटर्स क्रायोजेनिक टैंक और कोविड वैक्सीन जैसी चीजें शामिल हैं यह छूट इन चिकित्सा उपकरणों और सामान के निशुक्ल वितरण के लिए तीस जून तक जारी रहेगी इस छूट से आई जी एस टी के भुगतान के बिना ही कोविड राहत आपूर्ति का आयात और निशुल्क वितरण किया जा सकता है राज्य सरकारों से कहा गया है कि आयात को इस राहत का लाभ देने के लिए नाडल अधिकारी नियुक्त किया जाए इसके अलावा कोविड महामारी के कारण केन्द्र सरकार ने जीएसटी कानून के अन्तर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी ह इनमें ब्याजदर में कमी और विलम्ब शुल्क माफ करना शामिल है वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को बधाई दी है उन्होंने कहा कि सूचना के इस युग में मीडिया विश्वसनीय और पुष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्होंने मीडिया पेशेवरों से आग्रह किया कि वे सच्चाई सटीकता निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे पत्रकारिता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहें उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया के अथक प्रयासों की प्रशंसा की

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

श्री गुप्ता का अंतिम संस्कार आज किया गया

समाप्त